सीएम स्वरोजगार योजना मुख्यमंत्री त्रिवेन्द्र सिंह रावत ने कहा है कि मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना की जानकारी गांव गांव तक पहंचाई जाएं ताकि य्वा इस योजना का लाभ उठा सकें आज देहरादून में योजना का श्भारंभ के मौके पर कहा कि इस योजना का जनप्रतिनिधियों और जिलास्तरीय अधिकारियों के माध्यम से योजना का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाय

इससे क्शल और अक्शल दस्तकार हस्तशिल्पी और बेरोजगार यूवा खुद के व्यवसाय के लिए प्रोत्साहित होंगे राष्ट्रीयकृत बैंकों अन्सूचित वाणिज्यिक बैंकों और सहकारी बैंकों के माध्यम से ऋण सूविधा उपलब्ध कराई जाएगी मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में राष्ट्रीयकृत बैंकों अन्सूचित वाणिज्यिक बैंकों सहकारी बैंकों के माध्यम से सभी पात्र विनिर्माणक सेवा और व्यावसायिक गतिविधियों के लिए वित्त पोषित किया जायेगा एमएसएमई विभाग द्वारा योजना के अन्तर्गत मार्जिन मनी की धनराशि अन्दान के रूप में उपलब्ध कराई जायेगी

शैक्षिक योग्यता की बाध्यता नहीं है

उन्होंने विशेष रूप से जिले में तैयार की गई क्वारंटीन स्विधाओं की समीक्षा की राज्यपाल ने जिलाधिकारी को क्वारंटीन केन्द्रों में रह रहे लोगों की बातों को संवेदनापूर्ण तरीके से सुनने और सहयोग करने के निर्देश दिये उन्होंने व्यवस्थाओं पर संतोष व्यक्त करते हुए सभी डॉक्टरों नर्सों पैरामेडिकल स्टाफ सफाइकर्मियों पुलिस और प्रशासन के लोगों द्वारा किये जा रहे कार्यों की सराहना की

देहरादून रेलवे स्टेशन से दो ट्रेनें संचालित की जा रही हैं इसके लिए एडवांस बुकिंग भी हो रही है रेलवे दवारा अब टिकटों का रिफंड भी किया जा रहा है

उन्होंने बताया कि एसडीआरएफ और मुख्यमंत्री राहत कोष के साथ ही जिला योजना से भी जिलों को पर्याप्त धनराशि उपलब्ध कराई गई है

उन्होंने क्वारंटीन फैसिलिटी में सारी आवश्यक स्विधाएं और व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने के निर्देश दिये हैं उन्होंने कहा कि कोविड केयर सेंटर सीसीसी बहत महत्वपूर्ण हैं उन्होंने कहा कि रेड जोन से आने वालों को संस्थागत क्वारंटीन किया जाना है सचिव ने कहा कि जितने कार्मिकों की आवश्यकता है उन्हें आउटसोर्सिंग से ले लिया जाए इसमें विशेषज्ञ कार्मिकों की निय्क्ति को प्राथमिकता दी जाए उन्होंने कहा कि हेल्थ स्टाफ को सुरक्षित रखना सर्वोच्च प्राथमिकता पर हो उनके लिए व्यवस्थाएं फ्ल प्रफ हों धारचला मेला पिथौरागढ़ जिले के धारचुला तिपलकोट में जुन से अकट्बर तक चलने वाले व्यापारिक मेले को स्थगित कर दिया गया है इस मेले में भारत चीन और तिब्बत के व्यापारी अपने अपने देश में बने उत्पादों को बेचते थे धारचूला के उपजिलाधिकारी अनिल शुक्ला ने बताया कि कोराना वायरस के चलते भारत के व्यापारियों ने इस बार मेले में व्यापार न करने का फैसला लिया था

इससे दवाओं की पहचान की प्रक्रिया में तेजी आयेगी वनाग्नि फेज न्यज म्ख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सोशल मीडिया में वायरल हो रही प्रदेश में वनाग्नि की फर्ज़ी खबरों पर आपति जताई है उन्होंने कहा कि प्रदेश में इस साल सबसे कम आग लगने की घटनाएं हई हैं म्ख्यमंत्री ने कहा कि पिछले साल भी इस तरह की झूठी अफवाहें फैलाने की कोशिश की गई थी

प्रधानमंत्री ने इस कड़ी के लिए लोगों से विषय सुझाने को कहा है

उन्होंने कहा कि राष्ट्र की विचारधारा को विकसित करने का सबसे बड़ा श्रेय सावरकर को जाता है